प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग कार्यालय में आर्थिक विकास के मुद्दे पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उद्यमियों के साथ विचार विमर्श किया बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह नितिन गडकरी पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार और सदस्य वीके सारस्वत रमेश चंद्र और वीके पॉल के अलावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय कैबिनेट सचिव तथा वित्त मंत्रालय के सचिव ने भी भाग लिया बैठक में सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से विकास दर पर ध्यान केंद्रित किया गया बैठक में वेंचर कैपिटल फंडिंग मैन्यूफैक्चरिंग यात्रा और पर्यटन वस्त्र उद्योग एफएमसीजी रियल एस्टेट डेटा एंड फाइनेंशियल एनालिटिक्स जैसे निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ साथ कृ षि तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी क्षेत्रों पर चर्चा की गयी देश के जानेमाने अर्थशास्त्रियों और प्रमुख क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री की बजट पूर्व विचार विमर्श के परिपेक्ष में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण रही इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री ने उद्यागपतियों के साथ अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों और इसके विकास तथा रोजगार सूजन के मुद्दों पर विचार विमर्श किया था

आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कल नई दिल्ली में हुई बैठक में बजट सत्र को दो चरणों में बुलाने की सिफारिश की

इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया जायेगा

आयोजन की थीम फिट यूथ फिट इण्डिया निर्धारित की गई है कार्यकम मेस्कॉट का नाम बन्धु रखा गया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में विभिन्न प्रतिस्पर्धी और गैर प्रतिस्पर्धी कार्यकम आयोजित किए जायेंगे आज एक कार्यकम में राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम फिल्म और गीत जारी किया गया इस अवसर पर मण्डलायुक्त मुकेश मेश्राम ने कहा कि उत्सव में देशभर से आने वाले प्रतिभागियों को न केवल प्ररे देश के विभिन्न हिस्सों के खान पान का जायका मिलेगा बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उत्पादों को भी उपहार के तौर पर भेंट किया जायेगा इसके साथ ही सभी युवाओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक किताब एग्जाम वॉरियर दी जायेगी

दूसरा लखनऊ की यादगार लेकर के जायें तो आधा किलो लखनऊ की रेवड़ी भी वह लेकर के जायें इसके अलावा बुलंदशहर खुर्जा आप जानते हैं वहां पे बड़ा अच्छी पौल्ट्री का काम होता है चीनी मिट्टी का तो मग एक किलो है बढ़िया चाय काफी दूध जो पीना चाहें उसका एक मग छह हजार से ज्यादा जितने भी प्रतिभागी हैं सभी की किट में जायेगा सहारनपुर का लकड़ी नक्काशी किया हुआ है पैन स्टैंड ये पैन स्टैंड प्रत्येक प्रतिभागी के किट में जायेगा

शासन ने आज चौदह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है इनमें लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी भी शामिल हैं जिन्हें अब गाजियाबाद का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है इसके साथ ही गाजियाबाद के मौजूदा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है उन पर लगाये गये आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच दल का भी गठन किया गया है जो पन्द्रह दिनों में जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट शासन को सौंपेगा प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले दो दिनों से हुई वर्षा और कोहर का असर सामान्य जन जीवन पर काफी पड़ा है ठंड और शीतलहर के कारण राज्य के कई जनपदों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है वहीं कई जगह विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ ओले पड़ने से कृषि फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है पिछले दो दिनों में लगातार हुई वर्षा से फसलों की पर्याप्त प्राकृतिक सिंचाई हो गयी है मौसम साफ होने के बाद किसानों ने फसलों में उर्वकर का प्रयोग करना शुरू कर दिया है फसलों में उर्वरक का प्रयोग कैसे किया जाये इस बारे में कृषि विज्ञान केन्द्र पीलीभीत के डॉक्टर शैलेन्द्र सिंह ढाका ने बताया बाइट अब जनपद में पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो चुकी है यह सभी फसलों जो इस समय गेहूं की या गन्ने की फसल खड़ी है उसके लिए अच्छी है तो जिन खेतों में पर्याप्त मात्रा में इस बरसात से सिंचाई द्वारा कार्य किया जा चुका है तो वह सभी किसान भाई ऐसे खेतों में अभी यूरिया का प्रयोग करें

आज प्रवासी भारतीय दिवस है यह दिन भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के लोगों के योगदान के लिए हर वर्ष मनाया जाता है

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आम जनता के बीच गलतफहमियों को दूर करने की दिशा में आकाशवाणी समाचार लखनऊ द्वारा समाज के प्रबुद्ध वर्ग के सन्देश प्रसारित किये जा रहे हैं ताकि लोग इस कानून को सही तरीके से समझें इसी कम में आकाशवाणी समाचार लखनऊ से विशेष बातचीत करते हुए अधिवक्ता शैलेन्द्र शर्मा अटल ने लोगों से इस कानून को पढ़ने और समझने की अपील की बाइट भैं डॉक्टर शैलेन्द्र शर्मा अटल नागरिकता संशोधन अधिनियम आज प्ररे देश में चर्चाओं में है और उसके साथ ही एक अफवाह भी चल रही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस देश में कुछ लोगों की नागरिकता शायद छीनी जा रही है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह नागरिकता संशोधन अधिनियम इस देश के किसी भी नागरिक की नागरिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं करती है और संविधान सम्मत जो भी समता के अधिकार है रोज़गार के अधिकार है शोषण से रक्षा का हर व्यक्ति का अधिकार है देश के सभी नागरिकों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं और संरक्षित हैं क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता लेने का नहीं नागरिकता देने का कान्न है और इसलिए हम अपने शहर के देश को समाज के हर जिम्मेदार शहरी से यह अपील करूंगा कि कानून व्यवस्था को और साम्प्रदायिक सौहार्द को और इस शहर के जो शांति और तहजीब की जो नगरी है उसे हम सब बरकरार रखें हम गौरवशाली परम्परा के योग्य उत्तराधिकारी बनें बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश सरकार ने दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वालो अनुदान धनराशि पांच हजार रूपये से बढ़ाकर बारह हजार रूपये कर दी है विभागीय मंत्री नन्द गोपाल नंदी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये उन्होंने बताया कि पूर्व में निर्गत संगत शासनादशों में उल्लिखित अन्य व्यवस्थाएं और प्रावधान यथावत लागू रहेंगे